इसका उद्देश्य कोरोना वायरस को हराने के लिए राष्ट्र की सामूहिक शक्ति प्रदर्शित करना है

बड़वानी में कल रात तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है जो एक ही परिवार के हैं कोरोना प्रभावित सेंधवा के रहने वाले हैं तथा तीनों पीड़ित बड़वानी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है

हालाकि इनमें से दो मरीज ठीक भी हए हैं

जबलप्र में अब तक आठ मरीज मिले हैं जिनकी हालत में सुधार हो रहा है

सिवनी में कोरोना संकट में असहाय मजदूर मानसिक विक्षिप्त वृध्द बेसहारा व्यक्तियों की सहायता के लिए मोबाइल फूड यूनिट प्रारंभ की गयी है ग्वालियर में अब जिले में प्रवेश करने वाले सभी नागरिकों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जायेगा रीवा में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क की कमी न हो इसे देखते हए सांसद जनार्दन मिश्र लॉकडाउन के दौरान घर में ही मास्क बना रहे हैं और उसे लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं

खण्डवा में लॉक डाउन से परेशान लोगों की मदद के लिए जिले के समाजसेवी व दानदाता आगे आकर मदद कर रहे है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श में लोगों से कहा है कि कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए घर में बने मास्क् को पहनकर निकलें और खासतौर पर घर से बाहर निकलते समय इसे जरुर पहनकर निकलें